प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे और गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे

मार्च के दौरान संस्कृति मंत्री पदयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए रूकेंगे और फिर उसी स्थल से अगले दिन यात्रा रवाना होगी आज का दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से भी जुड़ा है

वे साबरमती आश्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे े इधर राज्य में अमृत महोत्सव समारोह पर आयोजित पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उदघाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी

इसमें झारखंड के जननायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के जिला मुख्यालय अवस्थित टाउन हॉल में देश और झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी शामिल है प्रदर्शनी के साथ पांचों दिन विभाग के सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाट्य प्रस्तृति भी दी जाएगी राज्यपाल के अलावा इस समारोह में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शिरकत करेंगे वहीं राज्य सरकार द्वारा रांची के आड्रे हाउस में प्रदर्शनी सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है इसके अलावा साइकिल रैली भी आयोजित की गई है झारखंड के साथ साथ आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी रैलियों प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसके संज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रहीं फर्जी खबरें आई हैं

जब इस फर्जी खबर की जानकारी पूर्व निर्वाचन आयुक्त को मिली तो स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया था क्छ शरारती तत्व फिर से यह खबर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं श्री कृष्णामूर्ति ने इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए फिर बयान जारी किया है कि यह खबर इस तरह प्रसारित की जा रही है मानो उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्य क्त किया हो श्री कृष्णामूर्ति ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठी और शरारतपूर्ण खबर है जिसे आगामी चुनावों में मतदाताओं के बीच गलत धारणा बनाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है इस फर्जी खबर के सिलसिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी के पास संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है संजय सेठ रांची सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली में बीएसएनएल में कार्यरत ठेका मजदूर की समस्याओं को लेकर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को रखा

बीएसएनएल की सेवा दुरुस्त करने में इन मजदूरो की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रहती है

समय पर भुगतान नहीं होने के कारण इन मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है श्रम मंत्री राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कोशल विकास मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने कहा कि अप्रैल माह से पूरे प्रदेश में विकास की योजनाओं में तेजी आएगी उन्होंने कहा कि अब चतरा सहित पूरे राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विकास कार्य प्रभावित हुआ है लेकिन अब कोरोना बीमारी लगभग सामान्य स्थिति में है भोक्ता कल चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय के दौरे पर थे मौके पर उन्होंने गरीबों के बीच राशन कार्ड का भी वितरण किया

इनमें पांच सौ ग्यारह सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार आठ सौ तिरसठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

टीकाकरण अपडेट देश में अब तक दो करोड़ साठ लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं

महाशिवरात्रि पर व्रत के कारण कल कोविड वैक्सीन देने की संख्या कम रही अब तक साठ वर्ष से अधिक उम्र के लगभग साठ हजार लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है

अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं को टीके लगाने का काम पिछले महीने की दो तारीख से शुरू हुआ था

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक इस योजना के तहत अलग अलग बीमारियों में दस हजार से अधिक लोगों का निशुल्क इलाज कराया गया है

दूसरे दिन सेना बहाली के लिए करीब दो हजार युवाओं ने भाग लिया

आग बच्चा झुलसा गुमला जिले के सिसई प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक के पीछे एक मकान में कल देर शाम शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिसमें एक छह वर्षीय बच्चे की झूलसने से मौत हो गई इसके साथ ही आगलगी की घटनास्थल पर जा रहे दो बाइक में सीधी टक्क्र होने से चार लोग घायल हो गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि दादी हृदयमोहिनी जी मानवीय दुखों को कम करने और सामाजिक उत्थान के अपने असंख्य प्रयासों के लिए हमेशा याद की जाएंगी प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने ब्रह्माकुमारी परिवार के संदेश का विश्वभर में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

भारत ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला तीन एक से पहले ही अपने नाम कर ली है आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम साढ़े छह बजे से किया जाएगा इसे एफएम रैनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है शिव बारात खूंटी पुलिस बल द्वारा थाना परिसर से भगवान शंकर की बारात निकाली गई इस मौके पर पुलिस बल के जवान भूत बैताल पिशाच आदि के साथ सैकड़ों बाराती बारात में शामिल हुए बारातियों की टोली में छोटे बड़े युवा समूह भी जमकर थिरकते नजर आए विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र नाथ शाहदेव महामंत्री मनोज कुमार महेंद्र अग्रवाल मुनिनाथ मिश्रा आदि उपस्थित रहे और अब अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है इसके साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में लगाए गए लॉकडाउन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने ममता बनर्जी के घायल होने की खबर के साथ बोकारो के तेतुलिया में अवैध रूप से खरीदी गई जमीन की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है यूपी के आदमी ने बोकारो में खरीद ली चौहतर एकड़ वन भूमि देखता रहा विभाग दैनिक भास्कर ने नागपुर में एक हफ्ता लॉकडाउन पंजाब के दो शहरों में नाइट कर्फ्यू शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है

दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड की नई उद्योग नीति के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट की खबर को लीड बनाते हुए लिखा है नए उद्योगों पर बढ़ेंगी रियायतें रांची एक्सप्रेस ने लिखा है पूरा झारखंड हुआ शिवमय शिवालयों में उमड़े श्रद्वालु